उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है इस बीच मुख्यमंत्री ने सोलन और सिरमौर ज़िलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों ज़िला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का प्रोटोकॉल पुनः निर्धारित किया गया है बाहरी राज्यों से प्रदेश में आ रहे श्रमिकों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया गया है

उपायुक्त आरकेपरूथी ने लोगों से इस दौरान प्रशासन का सहयोग करने और एहतियात बरतने की अपील की है

इसके तहत हर घर को नल से शुद्ध जल की सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जा रही है जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मंडी ज़िले के धर्मपुर में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों को सरकार की घोषणाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो सकें समझौता इस बीच जल जीवन मिशन को तय समय में पूरा करने के लिए जल शक्ति विभाग ने आज एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी ज़िलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल घाटी के स्टिंगरी में आज पौधरोपण किया उन्होंने गाहर घाटी के विभिन्न गांवों का भी दौरा किया और जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया मारकंडा ने बताया कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोहतांग सुरंग का लोकार्पण करेंगे और इस सुरंग के बन जाने के बाद घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक व हैरीटेज सर्किट विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है बंगाणा में एक बैठक में उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित होने वाले इन सर्किट को वीकेंड ट्रिज्म के लिए प्रचारित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टैक्नोलोजी का उपयोग करने को कहा गया है

प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार विजय दिवस समारोह सादगी से मनाया जाएगा और जगह जगह शहीदों को श्रद्वांजलि दी जाएगी